उन्होंने कहा कि कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में वोटों की गिनती के लिए पांच मतगणना केन्द्र स्थापित किए गए हैं

डीके रत्न ने कहा कि वोटों की गिनती के लिए मतगणना केन्द्रों पर सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर ली गई है

इस बीच मतगणना के दौरान रूझानों और परिणाम की जानकारी के लिए शिमला के मालरोड पर राज्य स्तरीय मीडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा चुनाव परिणाम संबंधी जानकारी मीडिया सेंटर के दूरभाष नम्बर शून्य एक सात सात दो आठ शून्य पांच शून्य पांच नौ और दो आठ शून्य पांच शून्य छः शून्य पर ली जा सकती है आकाशवाणी नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा मतगणना के प्रमाणिक और ताज़ा परिणाम देने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं

इस व्यवस्था के कारण चुनाव परिणामों में देरी हो सकती है

इसमें शिमला सोलन सिरमौर और किन्नौर ज़िले के युवा भाग ले सकेंगे सेना भर्ती निदेशक तनवीर सिंह मान ने शिमला में बताया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह कम्पयूटराईज्ड है और पारदर्शी तरीके से करवाई जाती है

मौसम प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो रहा है

विभाग ने इस दौरान प्रदेश के छह जिलों बिलासपुर कांगड़ा मंडी शिमला सोलन व सिरमौर में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है इस बीच राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन की शुरूआत हल्के बादलों के साथ हुई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचार पत्रों ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट भर्ती से जूड़ी खबर को प्रमुखता दी है दैनिक जागरण की सुर्खी है हाईकोर्ट ने जेओए भर्ती को दी मंजूरी हाईकोर्ट ने कहा सरकार मैरिट अनुसार पद अनुबंध आधार पर भरने के लिए स्वतंत्र

हिमाचल दस्तक के शब्द हैं हाईकोर्ट ने रोक हटाकर आयोग को मैरिट से भर्ती करने को कहा

नालागढ़ के सैक्टर ऑफिसर पर भी कार्रवाई की तलवार शीर्षक से दिव्य हिमाचल लिखता है वोटिंग के दौरान वोट डिलीट करने का मामला

शिमला दुष्कर्म मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बयान को अमर उजाला ने सुर्खी दी है पुलिस की चुप्पी शर्मनाक सीएम दे इस्तीफा आपका फैसला के शब्द हैं पूर्व मुख्यमंत्री ने आपराधिक मामले को हल्के में लेने पर जताई अपनी नाराजगी हिमाचल में हैली टैक्सी को नहीं मिल रहे यात्री शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है शिमला कुल्लू और शिमला धर्मशाला के बीच यात्रियों की संख्या कम आपका फैसला ने मुख्य सचिव के हवाले से लिखा है पौंग विस्थापितों के मामले शीघ्र निपटेंगे मौसम पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है बिलासपुर कांगड़ा मंडी शिमला सोलन सिरमौर में भारी बारिश का अलर्ट जबकि अजीत समाचार का कहना है हिमाचल में बारिश अंधड़ के साथ छींटे पड़ने के आसार

नमस्कार